मुम्बई में कल एक समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दो हजार चौदह से पहले की नीतिगत शिथिलता घोटालों और भ्रष्टाचार के दौर से निकलकर नरेन्द्र मोदी सरकार के तहत साहसिक पारदर्शी और ठोस निर्णय लेने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है गृहमंत्री ने कहा कि आर्थिक वृद्वि की मौजूदा धीमी दर एक अस्थायी दौर है उन्होंने आशा व्यक्त की कि आर्थिक वृद्वि की धीमी दर के बावजूद भारतीय उद्योग और बाजार इस अस्थायी संकट से उबर जाएगे उन्होंने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है और समस्त चुनौतियों का सामना कर रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गृहनगर कानपुर के दो दिवसीय दौरे के बाद आज दिल्ली रवाना हो गये श्री कोविंद ने आज अपने परिजनों और मित्रों से मुलाकात की राष्ट्रपति ने कल कानपुर में तीन अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया उन्होंने पीएसआईटी शिक्षण संस्थान में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय समारोह में छात्रों को संबोधित किया श्री कोविंद छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के पहले आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए एक अन्य कार्यक्रम में कानपुर नगर निगम की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के पचपनवें स्थापना दिवस पर आज बल के कर्मियों और उनके परिवार को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सीमा सुरक्षा बल बहादुरी के साथ देश की सीमा की रक्षा कर रहा है प्राकृतिक आपदा और संकट की स्थिति में बी एस एफ कर्मियों ने हमेशा नागरिकों की सुरक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया है गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर बीएसएफ कर्मियों को बधाई दी है सीमाओं और देश की सुरक्षा का रखवाला बताते हुए श्री शाह ने बीएसएफ जवानों के साहस और बलिदान की सराहना की प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी जनपद के अधिकारियों को सड़कों पुलों आदि के निर्माण कार्यो में गुणवत्ता के सभी मानक पूरे करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सड़क निर्माण में सुरक्षा मानकों का भी पालन सुनिश्चित करने को कहा है वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री आज सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वाराणसी में लोक निर्माण किमाग की सड़कों की कुल संख्या पचास है जिनकी मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य तेजी से पूरे करने के भी निर्देश दिए प्रदेश के मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ जिला जेल का औचक निरीक्षण किया उन्होंने जेल में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढाकर दो सौ तक करने को आवश्यक बताते हुए इस संबंध में प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने जेल भवन सौर ऊर्जा संयंत्र और सीवरेज व्यवस्था के हस्तांतरण संबंधी प्रस्ताव भी शासन को भेजने के निर्देश दिए उन्होंने जेल में महिला कैदियों के साथ छोटे बच्चों का विशेष ध्यान देने को कहा कुशीनगर जिले में विजली बिल जमा करने के लिए विभाग ने आसान किस्त योजना शुरू की है अवर अभियंता सर्वेश दुबे ने बताया कि बिजली बकायेदारों की समस्या को देखते हुए विभाग ने इस योजना की शुरूआत की है इसमें चार किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन के बकाया विद्युत बिल पर लगे संपूर्ण व्याज को माफ कर दिया गया है उन्होंने बताया कि शहरी उपमोक्ता अधिकतम बारह किस्तों में और ग्रामीण उपभोक्ता चौबीस किस्तों में अपना बिजली बिल जमा कर सकते है यह योजना इकत्तीस दिसम्बर तक चलेगी आज विश्व एड्स दिवस है यह दिवस एचआईवी वायरस के संक्रमण से होने वाले रोग के प्रति जागरुकता बढ़ाने और इसके खात्मे के लिये मनाया जाता है यह एड्स से ग्रस्त लोगों के प्रति सहयोग और सम्थन का अवसर भी प्रदान करता है विश्व एड्स दिवस पर प्रतापगढ़ में आयोजित एक सेमिनार को सम्बोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया है जिससे अब एड्स रोगियों की संख्या में कमी आयी है उन्होंने लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय भी बताये इस अवसर पर जन जागरूकता रैली भी निकाली गई बलिया में जिला विधिक सेवा प्राविकरण की ओर से एच आई वी जागरूकता शिविर लगाया गया प्राधिकरण की सचिव रिचा वर्मा ने लोगों से एच आई वी से संक्रमित रोगियों के प्रति सामान्य व्यवहार करने की अपील की संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सदस्य के पी सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है